वे आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष प्ररे होने के अवसर पर आयोजित रैली को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे अमित शाह ने कहा कि राज्य में चार परमवीर चक्र विजेता हैं उन्होंने देश के लिए बलिदान देने वाले हिमाचल के लोगों के साहस और बलिदान को भी नमन किया केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जनता के समक्ष अपने कार्यक्रमों का लेखा जोखा रखने का साहस केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है अमित शाह ने राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास की दृष्टि से हिमाचल देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बनकर उभरे

उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ करने और उनके लक्ष्य हासिल करने पर प्रदेश सरकार को बधाई भी दी इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया अमित शाह ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की अंतिम तीन लाभार्थी महिलाओं को गैस कनैक्शन प्रदान किए हिमाचल प्रदेश प्रत्येक घर में रसोई गैस सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है इस दौरान प्रदेश सरकार के दो साल की उपलब्धियों पर आधारित एक वृत्त चित्र भी दिखाया गया जिसका प्रसारण एलईडी स्क्रीनों के माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों के अलावा शिमला शहर के प्रमुख स्थानों पर किया गया समारोह में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी मंत्रिमंडल के सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्त्ता भी मौजूद रहे समारोह नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं

नड्डा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दे रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए ऐम्स और तीन अन्य मैडिकल कॉलेज केन्द्र की भाजपा सरकार ने ही स्वीकृत किए हैं समारोह जयराम इस बीच जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल सुशासन नवाचार जनता के विश्वास प्रगति और विकास से परिपूर्ण रहा है

उन्होंने कहा कि प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एक बड़ी पहल साबित हुई है

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम केन्द्र सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है जिसका प्रदेश की जनता समर्थन करती है समारोह अन्राग केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम हासिल करेगा उन्होंने विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी व विकासात्मक योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल जल्द ही एक आदर्श राज्य बनकर उभरेगा अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल लाकर अल्प संख्यकों को बड़ी राहत दी है

एक बयान में उन्होंने कहा कि हाईकमान को रिझाने की प्रदेश सरकार की कवायद बेनतीजा साबित हुई है अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप्प पड़े हैं और केन्द्र से अब तक प्रदेश को कोई पैकेज नहीं दिया गया है उन्होंने सरकार पर भीड़ जुटाने के लिए एक बार फिर सरकारी तंत्र के दुरूपयोग का आरोप भी लगाया